आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सूरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

कृषि मंत्रालय ने बताया है कि भारतीय खाद्य निगम और अन्य सरकारी एजेंसियों ने उत्तराखंड पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश तमिलनाइ चंडीगढ़ केरल और जम्मू कश्मीर से धान की खरीद की है मंत्रालय ने कहा है कि सरकार अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य के अन्सार ही खरीद कर रही है

कोविड अपडेट देश में डेढ़ महीने के बाद कोरोना के मरीजों की संख्या में बड़ी कमी दर्ज की गई है यह घटकर अब आठ लाख से कम रह गई है

देश में कोरोना से मरने वालों की दर एक दशमलव पांच दो प्रतिशत है

स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थानों वैज्ञानिक और औद्योगिक अन्संधान परिषद के प्रम्खों और निदेशकों के साथ कल कोविड से संबंधित ऐहतियाती उपायों के बारे में बैठक की डॉ हर्षवर्धन ने कोविड महामारी से निपटने में वैजानिकों के प्रयासों की सराहना की स्वास्थ्य तथा विज्ञान और प्रौदयोगिकी मंत्री ने कहा कि विश्व में नौ वैक्सीन परीक्षण के अग्रिम चरण में हैं भारत में तीन टीकों का परीक्षण चल रहा है इनमें से एक टीका नैदानिक परीक्षण के तीसरे चरण में है उन्होंने आशा व्यक्त की कि देश में जल्दी ही कोरोना वैक्सीन का निर्माण श्रू हो जाएगा डॉ हर्ष वर्धन ने कहा कि कोविड से संघर्ष अभी खत्म नहीं हआ है इसलिए प्री सावधानी और सतर्कता जरूरी है उन्होंने कहा कि त्योहारों और सर्दियों के अगले शाई महीने कोरोना के खिलाफ संघर्ष में बह्त महत्वपूर्ण हैं भाजपा प्रदेश कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा ने आज वर्च्अल माध्यम से पार्टी प्रदेश कार्यालय का शिलान्यास किया कार्यालय भवन के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि इस कार्यालय भवन का निर्माण स्थानीय स्थापत्य कला पर किया जा रहा है उन्होंने कहा कि राज्य में भवन निर्माण की स्थानीय शैली समाप्त होने के कगार पर थी इसे बचाने के लिए राज्य सरकार ने आवास नीति में प्रावधान किया है इसके तहत उत्तराखण्ड की भवन निर्माण शैली से राज्य में कोई भवन निर्माण करता है तो उनको वर्टिकल एक फ्लोर और बनाने की अन्मति प्रदान की जाएगी इससे महानगरों में भूमि की समस्या को कम करने में सुविधा होगी और उत्तराखण्ड की अपनी पहचान भी बनेगी इसके अलावा स्थानीय शैली में भवन बनाने से लाखों लोग जो इस क्षेत्र में कार्य करने में पारंगत हैं उनकी आय के संसाधन बढ़ेंगे

नौ दिन के अन्ष्ठान के पहले दिन मां दुर्गा के शैल पृत्री रूप की पूजा अर्चना की जाती है प्रदेश में भी नवरात्र का त्योहार विशेष श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है राज्य के सभी प्रसिद्ध मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालू पहंच रहे हैं इसे देखते हूए विशेष सावधानियां बरती जा रही हैं हरिद्वार स्थित मनसा देवी मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पहंचे मान्यता है कि शिवालिक पर्वत पर आसीन मनसा देवी का प्राकट्य महिसास्र राक्षस का वध करने के लिए हुआ था और तब ही से वे इस पर्वत पर विराजमान है मान्यता है कि मनसा देवी मंदिर में आराधना करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भक्त पूरे श्रद्धाभाव के साथ मां की आराधना करते हैं

देवी वाटिका वन अनुसंधान केंद्र हल्दवानी ने नवरात्र में एक नई पहल की है केंद्र में देवी वाटिका तैयार की है वाटिका में दुर्गा मां की मूर्ति के साथ नीम केला आंवला गुड़हल के पौधे लगाए गए हैं नवरात्र में देवी पूजा के दौरान इस्तेमाल होने वाले तूलसी हारश्रंगार पारिजात रक्त चंदन चन्दन के पौधों को भी वाटिका में लगाया गया है उतराखंड वन प्रशिक्षण केंद्र के रेंजर मदन सिंह बिष्ट ने बताया कि वाटिका में चंदन रक्त चंदन पारिजात जैसे पौधों पर यहां शोध कार्य चल रहा है

पूजा हवन में शमी के पौधे का बहत महत्व है घर में दशहरे के दिन शमी का पौधा लगाना शभ होता है शमी के पेड़ का उल्लेख महाभारत काल में भी हआ था